राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उददेश्य केवल विवादों का समाधान ही नहीं है बल्कि न्यायिक व्यवस्था को अक्ष्णण बनाये रखना भी है न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है मध्य प्रदेश में आज जबलपुर में अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी के निदेशकों के समारोह को सम्बाधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही अदालती कार्यवाही और प्रक्रियाओं में मौजूद इन लू फोल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपना कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है मुझे विश्वास है न्याय प्रशासन के सभी पहलूओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्यवाही के बिंदु तय किए जाएंगे श्री कोविंद ने कहा कि न्यायिक और अर्द्ध न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को विशेषकर जिला अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया में दोष को दूर करने सतर्क और सक्रिय रहने की आवश्यकता है इस संबंध में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम नवाचारों को अपनाना चाहिए न्यायिक व्यावस्था में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना करते हुए राष्टपति ने कहा कि देश में हजारों अदालतें कम्प्यूटरीकृत हो गई हैं मुझे यह देखकर प्रसन्ता होती है कि न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है

साथ ही नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रेड यूनिक आईडेनटिफिकेशन कोर्ट तथा क्यू आर कोर्ट जैसे इनिशियेटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है अब ई अदालत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग ई प्रोसिडिंग्स ई फाइलिंग और ई सेवा केन्द्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली उपकेन्द्रों की संख्या बढ़ने से निर्बाध बिजली आपूर्ति में सुधार और बिजली का बिल जमा करने की प्रक्रिया भी सरल हा जायेगी उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता ने किसानों की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए पावर कारपोरेशन की सराहना की उन्होंने कहा कि बेहतर विद्युत आपर्ति के कारण ही प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में कोविड अस्पताल बनाने और लोगों को टैली मेडिसिन और टैली कंसल्टेशन की सुविधा देने में मदद मिली

इन परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग सभी कमिश्नरी को लाभ मिलेगा साथ ही राज्य की जनता को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सूनिश्चित की जा सकेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के मुजफ्फरनगर बिजनौर शामली अयोध्या लखीमपुर जैसे गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों के किसानों को गुड़ न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश दुनिया में भी लाभकारी मूल्य दिला रहा है

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद को उपयुक्त बाजार मिल और उसकी ब्रांडिंग हो सके साथ ही गुड़ देश दुनिया में किसानों को अधिक से अधिक मूल्य दिला सके

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने के लिये उन्हें नई तकनीक के साथ जोड़ने और ऑन लाइन पर्ची की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की सुविधा के लिये उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में खांडसारी उद्योग लगाये जा रहे हैं

महोत्सव के दौरान गुड़ उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता के गुड़ तथा उसके सह उत्पाद बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा साथ ही गुड़ के औषधीय लाभों के प्रति लोगों को जागरूक किया जायेगा कार्यक्रम के दौरान गुड़ उत्पादक गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में गुड़ विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे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

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज आगरा के राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रो बैक्टोरियल रोग संस्थान के नये अनुसंधान भवन का उद्घाटन किया

इस नई अनुसंधानशाला मे बारह सौ कोविड सैम्पलों की जांच प्रतिदिन की जा सकेगी इसके अलावा यह लेबोरेटरी कोविड महामारी को रोकने तथा अन्य संक्रामक बीमारियों के प्रबंधन में भी सहायक होगी उद्घाटन अवसर पर आईएसएमआर के महानिदेशक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्रीराम की परम्परा के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाना चाहिए इस कार्य में सभी भाषाओं लोक परम्पराओं लोककथाओं में भगवान श्रीराम के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम की संस्कृति पहली संस्कृति है जिसने वैश्विक मंच पर अपना स्थान बनाया मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित संत गाडगे सभागार में रामायण विश्व महाकोश ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की कर्टेन रेजर पुस्तक के विमोचन एवं कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कार्यशाला का आयोजन प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया गया कार्यक्रम के दौरान रामायण विश्व महाकोश पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई मुख्यमंत्री ने रामायण विश्व महाकोश के प्रकाशन को अच्छी और सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि अयोध्या शोध संस्थान द्वारा पूरी गम्भीरता से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाये इस कार्य को प्रारम्भ से ही डिजिटल फॉर्म से जोड़कर द्निया के सामने लाया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम हमारो सांस्कृतिक पक्ष के आधार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नये कृषि कानून किसानों की आय दोगुना करने के उददेश्य से लागू किये गये हैं इससे किसानों की आय में निरन्तर वृद्धि होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है लखनऊ में आज अपने आवास पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के एक प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरी गम्भीरता से लागू कर रही है यह इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रतिनिधिमण्डल में शामिल सदस्यों ने नये कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इन कानूनों का सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमान्त किसानों को मिलेगा

सूत्रों के अनुसार आज दोपहर अलीगढ़ से बल्लभगढ़ जा रहो हरियाणा डिपो की बस अनियंत्रित होकर दूसरी साइड से आ रही बस से टकरा गई स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है